राज्य में नई सरकार का शपथग्रहण समारोह कल सुबह जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित होगा अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे अल्बर्ट हॉल पर पहली बार किसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होगें

उधर जयपुर में राजभवन और सरकार के आला अधिकारियों ने नई सरकार के शपथग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं कल जयपुर स्थित शासन सचिवालय में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आर्योजित की गई जिसमें शपथग्रहण की तैयारियों को र्लेकर समीक्षा की गई इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव और सचिव शामिल हुए छत्तीसगढ़ के नये मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के नेतृत्व में कल भी कई बैठके हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला बैठक में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे बैठक के बाद पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल प्रनिया ने बताया कि इसे लेकर आज दोपहर में फिर से बैठक होगी जिसके बाद छत्तीसगढ़ के नये मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी इधर मध्यप्रदेश में कमलनाथ कल नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेगें उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् आज नई दिल्ली में वीमैन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्रस्कार प्रदान करेंगे भारत में महिलाओं की अनुकरणीय गाथाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह प्रस्कार प्रदान किया जाता है इस वर्ष का विषय महिलाएं और उद्यमिता है श्री नायड् समारोह में उन्नत महिला उद्यमिता पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे ये पोर्टल न सिर्फ देश में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन लाने के प्रयास करेगा बल्कि भविष्य में उभरती हई महिला उद्यमियों के लिए एकल संसाधन केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही स्वस्थ भारत यात्रा आज उदयपुर जिले में पहुंच रही है

आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के कमाण्डर जनरल एएके नियाजी ने भारत के सामने आत्म समर्पण किया था

जयपुर के मिलिट्री स्टेशन पर भी आज शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया च्रू जिले के भींचरी गांव के शहीद किशन सिंह की पार्थिव देह आज उनके पैतुक गांव में पहुंचने की संभावना है किशन सिंह कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड में शहीद हो गए थे

पुणे के जनरल परेड ग्राउण्ड में आयोजित इस भर्ती में जनरल ड्यूटी सोल्जर तथा कुछ अन्य पद शामिल है राज्य में मातु और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दृष्टि से चलाये जा रहे मिशन इन्द्र धनुष का तीसरा चरण बाईस दिसम्बर से शुरू होगा अभियान के तहत पांच जिलों में दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके लगाये जायेंगे इन पांच जिलों में बांसवाडा बाड़मेर चित्तौडगढ नागौर और सवाईमाधोपुर शामिल हैं पिछले दो चरणों में जो बच्चे टीकारण से वंचित रहे हैं उनको अब अंतिम चरण में टीके लगाये जायेगें देश में पेट्रोलपंपों की बिक्री अब आम आदमी के लिए खोल दी गयी है तथा पैंसठ हजार पंपों के लिए आवेदन मांगे गये हैं राजस्थान में इनकी संख्या नौ हजार है

व्यवसाय करने में सरलता के उद्देश्य से पेट्रोल पंप लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है जयपुर भरतपुर और कोटा के अलावा अन्य स्थानों पर भी कंप्रेसड नैचुरल गैस सीएनजी के पंप स्टेशन जल्दी ही खोले जायेंगे फिलहाल जयपुर में दो भरतपुर में एक तथा कोटा में तीन सीएनजी पंप स्टेशन हैं लेकिन मार्च तक कुछ पंप और लगाए जाऐंगे एजेंसी के अनुसार वर्तमान में संचालित पेट्रोलपंपों पर भी सीएनजी उपलब्ध कराने की योजना है सीएनजी पंप स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी कंपनियां आधारभूत ढांचा विकसित करने के काम लगी हुयी है पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है

हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान के शून्य से नीचे जाते ही किसानों की चिंताएं बढ़ गई है

राजधानी जयपुर सहित अन्य जिलों में भी पारे में लगातार गिरावट जारी है भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है

पी वी सिंधू वर्ल्ड दूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं फाइनल मैच में आज सिंधू का सामना जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा